समाजवादी पार्टी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन किया है

बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि पार्टी बदलते हैं या सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए तेलंगाना राष्ट्र समिति शिरोमणि अकाली दल ने एक ही साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और गोवा फॉरवर्ड पार्टी और डीएमके ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया है कांग्रेस ने कहा है कि वह किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले अन्य विपक्षी दलों से इस बारे में सलाह मशविरा करेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई अवसरों पर इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया है कि समय और धन की बचत के लिए एक ही साथ चुनाव कराये जाने चाहिए

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने अजमेर सड़क दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं

हमारे प्रतापगढ संवाददाता ने बताया कि इस साल अब तक जिले में करीब उन्यासी हजार श्रमिकों को रोजगार दिया जा चुका है

झालावाड़ में गर्मी से लोग परेशान रहे और वर्षा न होने से बुवाई के काम में बाघा पड़ रही है उधर उदयपुर में आज भी तेज वर्षा हुई और कोटा से हल्की वर्षा के समाचार हैं

सीकर के श्रीमाघोपुर पावट टोडा गणेश और अन्य स्थानों पर भी भूकम्प के हल्के झटके महसूस किये गये

हमारे हनुमानगढ संवाददाता ने बताया कि आज जिले में पौधरोपण के साथ स्थापना दिवस समारोह की शुरूआत हुई

झालावाड़ के पास असनावर में पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस और मुख्य खेल अधिकारी के नरसिम्हा राम ने आज जयपुर मे ँ बताया कि कम्पनी कमांडर शालिनी पाठक प्रोबेशनर उपनिरीक्षण मनप्रीत और हैड कॉन्स्टेबल राजू चौधरी का चयन भारतीय कबड्डी टीम में हुआ है